राज्यपाल ने धर्मशाला में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र को रद्द करने को दी मंजूरी शिक्षामंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा प्रदेश के सभी स्कूलों में शुरू की जाएंगी प्री प्राईमरी कक्षाएं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

इनमें क्षेत्र में बागा चनोगी उप तहसील का लोकार्पण शामिल है मुख्यमंत्री ने बाग चनोगी को उपतहसील बनाए जाने पर लोगों को बधाई दी और कहा कि इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि सराज प्रदेश के सबसे दुर्गम निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और सरकार ने इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में मौजूद रहे भेंट इधर भाजपा महिला मोर्चा के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने में महिला मोर्चा से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों में फेस मास्क और परस्पर दूरी बनाए रखने के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए इससे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर प्रदेश में अब तक के अनुभवों को साझा किया मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से समपर्ण के साथ कार्य करने को कहा ताकि लोग कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकें अधिसूचना राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने धर्मशाला में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र को रद्द करने को मंजूरी दे दी है विधानसभा सचिवालय ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में एक बैठक में बताया कि शहरी विकास विभाग द्वारा शहरों के उत्थान के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं

सड़क सम्पर्क लद्दाख की सीमा के साथ लगता लाहौल का अंतिम गांव योचे सड़क सम्पर्क से जुड़ गया है जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने इस गांव को जोड़ने वाले पुल का वर्चुअल लोकार्पण किया

मारकंडा ने बताया कि घाटी में कई अन्य पुलों और भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है भाजपा बैठक भाजपा के जिला व मण्डल अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक आज पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी सहप्रभारी संजय टंडन समेत अन्य नेता मौजूद रहे इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार व संगठन मिलकर कोरोना महामारी को लेकर मोर्चा सम्भालेंगे और जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा इसके तहत महिला मोर्चा द्वारा मास्क बनाकर इन्हें जनता में वितरित किया जाएगा दिव्यांगजन दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है

इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि दिव्यांगजनों का सहज भाव और धैर्य हमें प्रेरणा देता है उन्होंने कहा कि सुगम्य भारत अभियान के तहत की गई पहल से दिव्यांगों में सकारात्मक बदलाव आया है बयान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि कृषि बिलों को लेकर हो रहा घमासान निराधार है और इसे किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है उन्होंने सोलन में बताया कि सरकार एमएसपी को बन्द नहीं करेगी और न ही कृषि मण्डियों को बंद करने का कोई प्रावधान है उन्होंने कहा कि किसानों को बिचौलियों से निजात दिलाने के लिए ये बिल लाए गए हैं शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य के लगभग सभी स्कूलों में प्री प्राईमरी कक्षाएं शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे शिमला में एक बैठक में उन्होंने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र में प्री प्राईमरी स्कूलों में बच्चों का पंजीकरण बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे उन्होंने कहा कि प्री प्राईमरी के विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और बच्चों को सरल भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी गोविंद ठाकुर ने बताया कि नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है हैल्पलाईन राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हैल्पलाईन के कर्मचारियों को कोविड रोगियों से फोन पर सम्पर्क कर उनका मनोबल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार हैल्पलाईन के कर्मचारी कोविड मरीजों से फोन पर सम्पर्क कर उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रयास कर रहे है उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति का जीवन कैसे सुरक्षित रह सके ये सरकार की प्राथमिकता है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक प्रभावी कदम भी उठाए हैं निर्देश प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुलिस कर्मियों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं

युवा कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस के नव निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर ने कहा है कि संगठन में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए वे प्रयास करेंगे अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने आज शिमला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से भेंट की उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करना उनका मुख्य उद्देश्य है और इस दिशा में तत्परता से कार्य किया जाएगा निधन ऊना जिले से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी सत्यमित्र बख्शी का आज निधन हो गया

सत्यमित्र बख्शी प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं उनका अंतिम संस्कार कल ऊना में किया जाएगा ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के टास्क फोर्स की बैठक आज धर्मशाला में हुई इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि बेटे और बेटियों में भेदभाव की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है उन्होंने लिंगानुपात में सुधार और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया अपील किन्नौर जिले में प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी लोगों से सहयोग का आहवान किया है उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है

बैठक नेशनल यूनियन ऑफ जनर्लिस्ट ऑफ इंडिया की प्रदेश इकाई की बैठक आज शिमला में हुई इकाई के अध्यक्ष रणेश राणा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा की गई और शिमला कार्यकारिणी का गठन किया गया